प्रदेश के उत्तरी भाग में आगामी चौबीस घंटों के दौरान बारिश होने और ओले गिरने की चेतावनी

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी स्वयं रोकथाम प्रयासों की देखरेख कर रहे हैं केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाष जावडेकर ने कल संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री नियमित रूप से स्थिति की जानकारी ले रहे हैं उन्होंने कहा कि सरकार इस संक्रमण से निपटने के लिए सभी प्रयास कर रही है

मंत्रिमंडल के सचिव और अधिकारी वीडियों कांफ्रेसिंग के जरिये सभी राज्य सरकारों के साथ प्रत्येक दिन संपर्क में है प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव और कैबिनेट सचिव सभी राज्यों के मुख्य सचिवों और अन्य संबंधित अधिकारियों के साथ वीडियो कांफ्रेंस के जरिए बैठक कर रहे हैं स्वास्थ्य मंत्रालय भी स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहा है देषभर में अलग वार्ड बनाए जा रहे हैं और विदेषों से भारत आने वाले लोगों की जांच की जा रही है केन्द्र सरकार ने सभी राज्यों को कोरोना वायरस कोविड उन्नीस बीमारी के प्रबंधन और नियंत्रण के लिए त्वरित कार्रवाई दल गठित करने के निर्देश भी दिये हैं

कोविड उन्नीस महामारी से ग्रस्त किसी भी देष की यात्रा करने वाले विद्यार्थी और स्कूल कर्मचारी या पिछले अट्ठाईस दिन के दौरान ऐसे व्यक्तियों के संपर्क में आने वालों को चौदह दिन तक पृथक रखने को कहा गया है अध्यापकों को बच्चों में बुखार खांसी और सांस लेने में कठिनाई के लक्षण दिखने पर बच्चे को तुरन्त परीक्षण के लिए भेजने का निर्देष दिया गया है केन्द्रीय माध्यमिक षिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने कहा है कि दसवीं और बारहवीं की बोर्ड परीक्षा दे रहे छात्र परीक्षा हॉल में मास्क और सेनिटाइजर लेकर आ सकते हैं बोर्ड ने कहा कि विद्यार्थियों और अभिभावकों की ओर से इस संबंध में पूछताछ की जा रही है अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के निदेषक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा है कि नोवेल कोरोना वायरस को लेकर घबराने की जरूरत नहीं है उन्होंने संक्रमण से बचने के लिए पर्याप्त सावधानी बरतने का सुझाव दिया आकाषवाणी समाचार से विषेष बातचीत में डॉक्टर गुलेरिया ने कहा कि कोरोना वायरस संक्रमण के प्रमुख लक्षणों में हल्के से सामान्य बुखार गले में सूजन शरीर में दर्द सर्दी और फ्लू जैसे लक्षण शामिल हैं

एक दूसरे से दूरी बनाए रखें अपनी आंख नाक और मुंह को छूने से बचे वास संबंधी स्वच्छता का ध्यान रखें जब आप खांसते या छींकते है तो अपने मुंह और नाक को अपने हाथों से या टिष्यू से ढके यदि आपको बुखार खांसी और सांस लेने में कठिनाई हो तो जल्द से जल्द डॉक्टर से सम्पर्क करें इससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों से अवगत रहें और अपने डॉक्टर द्वारा दी गई सलाह का पालन करें मास्क लगाने से पहले अपने हाथों को एल्कोहल युक्त हैंडरब साबुन या पानी से धोएं अपने मुंह और नाक को मास्क से ढके और सुनिष्चित करें कि कोई जगह खाली न हो और मास्क के खराब होने पर नये मास्क का उपयोग करें एक बार उपयोग में लाये गये मास्क का दोबारा उपयोग न करें मास्क को पीछे से पकड़कर हटाएं और सामने वाले हिस्से को न छूएं एक बार मास्क का उपयोग करने के बाद मास्क को बंद कूडेदान में डाले

दूर्ग जिले के मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर गंभीर सिंह ठाकुर ने बताया कि युवक की यात्रा के कारण ही उसे संभावित मरीज माना गया है युवक को उसके निवास में ही अलग थलग करके रखा गया है उसे घर से बाहर न जाने की हिदायत भी दी गई है बताया जाता है कि कोरोना वायरस का यह संभावित मरीज कीनिया यूएई और दुबई से होते हुए कल ही रायपुर पहुंचा जिसके बाद उसका ब्लड सैंपल लिया गया हालांकि रिपोर्ट अब तक नहीं आई है इसके अलावा छह अन्य लोगों के भी ब्लड सैंपल लिए गए थे

मुख्यमंत्री अवैध शराब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज विधानसभा में कहा कि प्रदेश के जिस भी जिले में अवैध शराब बिकेगी उसका जिम्मेदार वहां के पुलिस अधीक्षक को माना जाएगा आज सदन में बजट पर हुई सामान्य चर्चा का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने यह घोषणा की इससे पहले विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान विपक्ष के अनेक विधायकों ने प्रदेश में अवैध शराब की बिक्री का मामला उठाया नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार के संरक्षण में अवैध शराब की बिक्री हो रही है राज्यसभा नेताम सांसद रामविचार नेताम ने राज्यसभा में छत्तीसगढ़ में हो रहे अवैध उत्खनन का मामला उठाया उन्होंने कहा कि राज्य के बलरामपुर की पांगन सहित अन्य नदियों में रेत का अवैध खनन कर उसे अन्य राज्यों में भेजा जा रहा है उन्होंने कहा कि इस अवैध उत्खनन से पांगन सहित अन्य नदियों का अस्तित्व खतरे में है सांसद ने इस मामले में केन्द्र सरकार से उचित कार्रवाई करने का आग्रह किया हमर अस्पताल राज्य के लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री टीएस सिंहदेव ने राजधानी रायपुर के गुढ़ियारी में हमर अस्पताल सेवा का लोकार्पण किया हमर अस्पताल में सुबह आठ बजे से रात आठ बजे तक ओपीडी खुली रहेगी साथ ही अस्पताल को आदर्श टीकाकरण केन्द्र के रूप में भी विकसित किया गया है बच्चों और गर्भवती महिलाओं को सभी तरह के टीके निःशुल्क लगाए जा रहे हैं इसके अलावा यहां के आध्निक लैब में बयालीस तरह की जांच सुविधा के साथ ही सोनोग्राफी एक्स रे नेत्र जांच और दंत चिकित्सा की भी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं कर्मचारी निधि कोष संगठन कर्मचारी निधि कोष संगठन ने निधि कोष जमा राशि पर ब्याज दर आठ दशमलव छह पांच प्रतिशत से घटाकर आठ दशमलव पांच प्रतिशत कर दिया है केंद्रीय श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने आज ईपीएफओ की शीर्ष निर्णायक संस्था सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी की नई दिल्ली में हुई बैठक के बाद यह घोषणा की महिला दिवस सेनीनार अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा देशभर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है इसी कड़ी में रायपुर के पत्र सूचना कार्यालय में आज मीडिया में महिलाओं की भागीदारी विषय पर राउंड टेबल सेमीनार का आयोजन किया गया इस अवसर पर वरिष्ठ पत्रकार रमेश नैयर ने कहा कि मीडिया के अलावा राजनीति प्रशासनिक सामाजिक व्यवसायिक विज्ञान कला और सशस्त्र सेनाओं में जो भी मुकाम आज महिलाओं ने हासिल किया है वह केवल अपने लगन परिश्रम और बुद्धिमत्ता की वजह से हासिल किया है इस मौके पर पत्र सूचना कार्यालय आकाशवाणी दूरदर्शन और क्षेत्रीय लोकसंपर्क ब्यूरो के अधिकारी उपरिथत थे मौसम और अब पेश है मौसम का हाल मौसम विभाग ने प्रदेश के उत्तरी भाग में आगामी चौबीस घंटों के दौरान कहीं कहीं गरज चमक के साथ बारिश होने और ओले गिरने की चेतावनी दी है वहीं राजधानी रायपुर में रात में गरज चमक के साथ हल्की बारिश हो सकती है इस दौरान आकाश के आंशिक मेघमय रहने की संभावना है संक्षिप्त समाचार अब कुछ अन्य खबरें संक्षिप्त में रायगढ़ जिले के शिक्षकों और अधिकारियों को शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार के तहत राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है बालोद जिले के पटवारी अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं कोरिया जिले के मनेन्द्रगढ़ में आज ब्लड डोनेशन कैम्प का आयोजन किया गया वहीं भरतपुर में कल और बैकुंठपुर में सात मार्च को किया जाएगा बिलासपुर जिले में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के सभी पात्र किसानों का किसान क्रेडिट कार्ड बनाने के लिए छह सोलह तेईस और तीस मार्च को शिविर आयोजित किए जाएंगे